वित्त सामान्य प्रशासन गृह पीडब्लयूडी पर्यटन योजना आबकारी व कराधान सभी विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के पास रहेंगे जबकि महेन्द्र सिंह ठाक्र के विभाग में किसी तरह का फेर बदल नहीं किया गया है सुरेश भारद्वाज को शहरी विकास टीसीपी हाऊसिंग संसदीय कार्य व कानून मंत्री बनाया गया है सरवीण चौधरी अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री होंगी रामलाल मारकंडा के पास तकनीकी शिक्षा जनजातीय विकास आईटी व जन शिकायत निवारण विभाग रहेगें वीरेन्द्र कंवर को ग्रामीण विकास पंचायतीराज कृषि पशुपालन व मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है उद्योग परिवहन और श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह बनाये गये हैं गोबिंद सिंह ठाकुर को शिक्षा भाषा कला व संस्कृति मंत्री बनाया गया है जबकि राजीव सैजल अब स्वास्थ्य मंत्री होंगे सुखराम चौधरी को ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया जबकि राकेश पठानिया को वन युवा सेवाएं व खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है इसी तरह राजेन्द्र गर्ग के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति व प्रिटिंग व स्टेशनरी विभाग रहेंगे

हिमाचल में सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है दूसरे राज्यों में टैक्सी सेवा जारी रहेगी लेकिन इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है लेकिन इसके लिए भाषा कला व संस्कृति विभाग एसओपी जारी करेगा

प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस अवसर पर बधाई दी है राज्यपाल ने सभी लोगों की खुशहाली व शांति की कामना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल जुहा सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक है उन्होंने लोगों से त्यौहार मनाते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने व मास्क पहनने का आग्रह किया है अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है महेंद्र व वीरेन्द्र को छोड़ सभी मंत्रियों के विभाग बदले अमर उजाला का शीर्षक है जयराम सरकार में मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेदबदल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जयराम ने मनमाफिक फेंटा मंत्रिमंडल सरवीण गोबिंद डॉ मारकंडेय के पर कतरे महेन्द्र बिक्रम सहजल और सुरेश किए हैवी वेट

दैनिक भास्कर की सुर्खी है कार्यक्रमों में भीड़ न जुटे ये जन प्रतिनिधियों की रहेगी जिम्मेदारी हिमाचल दस्तक के मुताबिक इंटर स्टेट बस सेवा अभी प्रतिबंधित रजिस्ट्रेशन भी जरूरी पंजाब केसरी की एक खबर है टीजीटी भर्ती के विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक